प्रदेशभर की स्टाफ नर्सों की बीते अट्ठारह मई से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त

आज भिलाई में सीए फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल विवाद केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में ही नहीं है बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी है यही वजह है कि पूरे देश के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग नदियों को जोड़ने के काम पर भी लगा हुआ है तीस प्रोजेक्ट में से पांच प्रोजेक्ट का चयन कर उस पर तेजी से काम किया जा रहा है किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए श्री मेघावाल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार का रूख सकारात्मक है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही हैं माओवादी वारदात सुकमा जिले में बीती रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने कई माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है वहीं मुठभेड़ में दो जवान भी घायल हुए हैं घायलों में एसटीएफ का प्लाटून कमांडर भी शामिल है पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कल सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इस दौरान जिले के किस्टारम और चिंतागुफा के सीमावर्ती इलाके में चार से अधिक जगहों पर माओवादियों के साथ मुठभेड़ हई उन्होंने बताया कि सुबह आठ बजे से अलग अलग जगहों पर हई मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों की टीम ने कई माओवादियों को मार गिराया है उन्होंने यह भी कहा कि कई माओवादी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं हालांकि अब तक किसी भी माओवादियों का शव बरामद नहीं किया गया है इस मुठभेड़ में दो जवान भी घायल हए हैं जिनमें एसटीएफ का प्लाट्न कमांडर मिलाप सोडी हिड़मा शामिल हैं घायल जवानों को देर रात हेलीकॉप्टर से राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना के बाद सर्चिंग के दौरान बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई वहीं नारायणपुर जिले में भी कल हई मुठभेड में पांच माओवादियों के घायल होने की खबर है सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के निकली थी इसी दौरान जिले के ग्राम पुंगारपाल और होड़नार के जंगल में यह मुठभेड़ हुई घटना के बाद मौके से भारी मात्रा में माओवादी सामग्री और विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं उधर बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक पूर्व सरपंच की हत्या कर दी माओवादियों के कुछ दिन पहले जिले की गलगम ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच का अपहरण कर लिया था बाद में जनअदालत लगाकर उसकी हत्या कर दी इधर कांकेर जिले में छोटेबेठिया क्षेत्र के जंगल के एक बाड़ी में बीएसएफ के जवानों ने सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए दस भरमार बंद्रकें बरामद की हैं नालंदा परिसर लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल रात राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के पास निर्मित नालंदा परिसर का लोकार्पण किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नालंदा परिसर में ऑक्सी रीडिंग जोन छत्तीसगढ़ में अध्ययन का एक ऐसा सुंदर केंद्र है जिसे देखकर प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों के वैभव की याद आती है मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में रायपुर के नालंदा परिसर जैसा अनूठा शैक्षणिक परिसर और आक्सी रीडिंग जोन देखने को कहीं नहीं मिलेगा उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर में सर्दी गर्मी और ठंड हर मौसम में प्रकृति के अनुकल और प्रकृति के सानिध्य में पढ़ने की व्यवस्था की गई है ऑक्सीजोन प्रदर्शनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उन्नीस एकड़ के रकबे में विकसित किए जा रहे ऑक्सीजोन के मॉडल की तारीफ की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रायपुर का यह ऑक्सीजोन शहरी पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से पूरे देश के लिए अनुकरणीय मॉडल होगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित चार दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया प्रदर्शनी में पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर सहित प्रमुख औद्योगिक शहरों में पर्यावरण प्रदृषण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों को प्रदर्शित किया गया है

बीती रात नर्सों के एक प्रतिनिधिमंडल और स्वास्थ्य संचालक रान साह के बीच हई बैठक के बाद नर्सों ने अपनी हडताल सशर्त समाप्त करने की घोषणा की प्रशासन की ओर से नर्सों को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों को लेकर बनी समिति पैंतालीस दिनों के भीतर निर्णय लेगी गौरतलब है कि नर्सो की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रूख अपनाया था सरकार ने चेतावनी दी थी कि नर्से चार जून तक काम पर लौट जाए अन्यथा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी साथ ही हड़ताल पर अत्यावश्यक सेवा अधिनियम एस्मा लागू कर दिया था इसके तहत छह सौ से अधिक नर्सो को गिरफ्तार किया गया था हड़ताल की वजह से राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रित है इन चार वर्षो में केंद्र सरकार का आंतरिक सुरक्षा के मोर्च पर भी उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है छत्तीसगढ में माओवाद की समस्या पर बात की जाए तो बीते चार सालों में इस समस्या से निपटने में सरकार काफी हद कर सफल रही है सरकार द्वारा माओवाद से निपटने और उसके नियंत्रण को लिए उठाए गए कदमों के बारे में हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि माओवाद अब देश में तेजी से सिमट रहा है और माओवादी हारी हई लड़ाई लड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपूर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

इस मौके पर प्रदेश में भी कई जगहों पर साइकिल रैली निकाली गई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल चालन कार्यक्रम में भाग लेने वालों को इंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्री नायड् ने कहा कि अब समय आ गया है जब सभी शहरों और नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर साइकिल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जाए इधर भिलाई में आज केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री अर्जुन मेघावाल के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई और लोगों को पर्यावरण प्रदृषण से बचाव का संदेश दिया गया

इसका उद्देश्य साइकिल का इस्तेमाल परिवहन के रूप में करने से होने वाले विभिन्न सामाजिक फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना है जेपी नडडा छत्तीसगढ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कल एकदिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं श्री नड्डा अपने प्रवास के दौरान राजधानी रायपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे इसके अलावा केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार की चार साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर पत्रकारवार्ता को भी संबोधित करेंगे परिवार स्वास्थ्य वाणी स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ी भाषा में परिवार स्वास्थ्य वाणी एक शून्य चार टोल फ्री नंबर का शुभारंभ किया अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर एक शुन्य चार डायल कर स्थानीय भाषा में भी निःशुल्क परिवार नियोजन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य शासन द्वारा संचालित एक शून्य चार टोल फ्री सेवा के तहत भी परिवार स्वास्थ्य वाणी का लाभ भी लिया जा सकेगा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समुदाय स्तर पर लोग इस सेवा का लाभ उठाएगे और परिवार नियोजन सेवाओं के अंतर्गत सम्मानजनक देखभाल को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएंगे इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने बताया कि केंद्र सरकार की डिजिटल भारत की अवधारणा के पूरक के रूप में यह प्रयास किया जा रहा है